छिंडवाड़ा और शहडोल कलेक्टर भी बदले

इनमें बांग्लादेश म्यांमार श्रीलंका थाईलैंड भूटान और नेपाल है नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि यह कदम सरकार की नेबरहड फर्स्ट यानी पड़ोसी प्रथम नीति पर आधारित है शंघाई सहयोग संगठन के मौजूदा अध्यक्ष किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति और मॉरिशस के प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया गया है

कैबिनेट राज्य मंत्रिपरिषद ने नई रेत नीति को मंजूरी दे दी है इसके तहत रेत खदानों की नीलामी के अधिकार पंचायतों से वापस लेकर राज्य खनिज निगम को दे दिए गए हैं रेत नीति में परिवर्तन की वजह राजस्व में घाटा और अवैध रेत उत्खनन के मामलों में बढ़ोतरी होना बताया जा रहा है

कल भोपाल में हई मंत्रिपरिषद की बैठक में इसके अलावा जिला योजना समितियों को और अधिकार दिये जाने को मेजूरी दी गई इसके तहत जिलों में प्रभारी मंत्री तुतीय और चतुर्थ श्रेणी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले कर सकेंगे बैठक में छिंदवाड़ा में विश्वविद्यालय की स्थापना करने का भी निर्णय लिया गया

मंत्रि परिषद की बैठक में आदिवासी संस्कृति के देव स्थानों के संरक्षण एवं देव दर्शन की योजना को भी मंजूरी दी गई

न्यायालय जीएसटी उच्चतम न्यायालय ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है जिसमें वस्तु और सेवाकर जीएसटी की चोरी के मामले में सम्बन्धित अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ ने कल इस याचिका पर सुनवाई की

न्यायाधीश शपथ जबलपुर उच्च न्यायालय में दो नवनियुक्त न्यायधीशों विशाल धगट और विशाल मिश्रा को कल मुख्य न्यायधीश जस्टिस एसके सेठ द्वारा शपथ दिलाई गई उच्च न्यायालय के साउथ ब्लॉक में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया था

वहीं ग्वालियर निवासी अधिवक्ता विशाल मिश्रा संवैधानिक सिविल और क्रिमिनल मामलों के जानकार हैं श्री मिश्रा ने अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर भी सफलता पूर्वक काम किया है

इन्हें चुनाव आयोग के निर्देश पर हटाया गया था वहीं जबलपुर कलेक्टर छवि भारद्वाज पन्ना से मनोज खत्री और मंदसौर से धनराजू एस को भी हटा दिया गया है शहडोल से शेखर वर्मा और भिंड से डॉ विजय कुमार की भोपाल स्थित मंत्रालय में वापसी हो गई है इसके साथ ही शहडोल चंबल और ग्वालियर के संभाग आयुक्त को भी बदला गया है छिंदवाड़ा कलेक्टर भरत यादव का तबादला जबलपुर किया गया है इसके साथ ही छह प्रमुख सचिवों की जिम्मेदारियों में भी बदलाव किया गया है कल देर रात अफसरों के तबादले के आदेश जारी किए गए मुरैना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि चंबल संभाग आयुक्त डॉ एमके अग्रवाल को आयुक्त सह पंजीयक सहकारी संस्था बनाया गया है वहीं पन्ना कलेक्टर मनोज खत्री को हटाकर मंत्रालय में सचिव बनाया गया है कार्यशाला लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा आज भोपाल में पेयजल स्त्रोतों के स्थायित्व पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से प्रशासन अकादमी में आयोजित की जा रही इस कार्यशाला का शुभारंभ लोक स्वास्थ्य मंत्री सुखदेव पांसे करेंगे कार्यशाला में दो सत्र में विषय विशेषज्ञ प्रदेश में तकनीकी एवं आर्थिक रूप से उपयोगी प्रयोगों और विधियों पर विमर्श करेंगे किकेट आईसीसी क्रिकेट विश्वकप के अपने दूसरे और आखिरी अभ्यास मैच में भारतीय टीम आज बंगलादेश के साथ खेलेगी मैच भारतीय समयानुसार दोपहर तीन बजे शुरू होगा भारतीय टीम पहले अभ्यास मैच में न्यूजीलैंड से छह विकेट से हार गई थी

निशानेबाजी पदक भारत के युवा निशानेबाज सौरभ चौधरी ने जर्मनी के म्यूनिख में आईएसएसएफ विश्व कप में पुरूषों के दस मीटर एयर पिस्टल में विश्व रिकार्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता

चौधरी पहले ही ओलंपिक के लिये कोटा हासिल कर चुके हैं भारत का म्यूनिख विश्व कप में यह दूसरा स्वर्ण पदक है इससे पहले रविवार को अपूर्वी चर्देला ने महिलाओं की दस मीटर एयर राइफल स्पर्धा में सोने का तमगा हासिल किया था मौसम राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के कारण प्रदेश में गर्मी का दौर जारी है

मौसम विभाग का कहना है कि देश के मध्य क्षेत्रों में गर्म हवाएं चलने के कारण मैदानी इलाकों में प्री मानसून गतिविधियां प्रभावित हुई हैं

हमारे शिवपुरी संवाददाता ने खबर दी है कि नौतपा के चलते जिले में गर्मी के तेवर तीखे बने हए हैं दिन में लू की तपीस और तेज हो गई है जिसके चलते बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा राजधानी भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में आकाश साफ रहेगा

भीषण गर्मी से जिले में भी जनजीवन प्रभावित हुआ है

मौसम विभाग ने आज चंबल संभाग रायसेन राजगढ़ खरगोन खंडवा बड़वानी रतलाम और शाजापुर जिलों में कहीं कहीं लू चलने की आशंका व्यक्त की है

भिंड जिले में प्रवेश परीक्षा के लिए उत्कृष्ट विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है